राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज बस्तर प्रवास के दौरान कोण्डागांव के भेलवापदर स्थित प्राथमिक शाला के परिसर में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया

सुब्रत साहू मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों से लॉटरी द्वारा चयनित एक एक वीवीपैट मशीन की पर्ची की गिनती ईव्हीएम में दर्ज मतों के साथ की जाएगी उन्होंने यह भी बताया है कि इसके अतिरिक्त ऐसी कंट्रोल यूनिट जिसमें परिणाम प्रदर्शित न हो उसकी गिनती भी वीवीपैट के पर्ची के माध्यम से की जाएगी श्री साहू ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी विधानसभा क्षेत्र की पूरी मतगणना वीवीपैट पर्ची के आधार पर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है उन्होंने बताया कि ग्यारह दिसंबर को होने वाली मतगणना भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही की जाएगी उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीवीपैट के चयन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी उन्होंने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों में विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना डाक मतपत्रों और ईव्हीएम में दर्ज मतों के आधार पर होगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतों की गिनती के लिए विधानसभावार टेबल लगाए जाएंगे प्रत्येक विधानसभा के लिए चौदह टेबल होंगे इनके अलावा डाक मतपत्रों के लिए अतिरिक्त टेबल लगाए जाएंगे प्रत्येक डाक मतपत्र के गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी होगा डाक मतपत्र के प्रत्येक टेबल के लिए एक अतिरिक्त गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकेगी सर्विस वोटर को जारी पोस्टल बैलेट सिस्टम की गिनती भी डाक मतपत्रों की तरह ही होगी लेकिन इसका पूर्व में सत्यापन होना अनिवार्य होगा एलपीजी गैस सब्सिडी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में अंतरण की व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसमें बदलाव किए जाने की खबरें निराधार हैं वर्तमान में एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी पहल योजना के तहत सीधे उपभोक्ताओं के खाते में अंतरित की जाती है जीएसटी अगले वर्ष एक अप्रैल से जीएसटी भरने के और सरल फार्म उपलब्ध हो जायेंगे राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी श्री पांडे ने कहा कि कर से आई हई अधिक धनराशि को लौटाने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सुचारू तथा पूरे तौर पर ऑनलाइन और करदाताओं के अनुकूल बनाया जा रहा है राज्यपाल कोंडागांव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज बस्तर प्रवास के दौरान कोण्डागांव के भेलवापदर स्थित प्राथमिक शाला के परिसर में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित घरेलू और अनुपयोगी सामग्री से बने विभिन्न उपकरणों के मॉडल की राज्यपाल ने सराहना की इसमें छात्रों ने कृ षि यंत्र पर्यावरण उपकरण सोलर क्कर मटका फ्रिज सूक्ष्मदर्शी यंत्र घरेलू वैक्यूम क्लीनर के मॉडल प्रदर्शित किए जिला कलेक्टर नीलकंठ टेकाम ने बताया कि जिले के स्कूलों में बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों द्वारा तैयार मॉडलों की प्रदर्शनी को कबाड़ से जुगाड़ की संज्ञा दी गई है इसके अलावा राज्यपाल ने कोंडागांव के शिल्प ग्राम में शिल्पियों से मुलाकात की और उनकी शिल्प कलाकृतियों को सराहा राज्यपाल बस्तर के अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान कोंडागांव के बाद जगदलपुर पहुंची जहां उन्होंने मानव संग्रहालय म्यूजियम का अवलोकन किया साथ ही उन्होंने बस्तर की पारंपरिक लोककला और वाद्य यंत्रों के साथ शिल्प कला का अवलोकन भी किया राज्यपाल का कल दंतेवाड़ा जाने का कार्यक्रम है केंद्रीय सचिव कबीरधाम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत कुमार ने कबीरधाम जिले में संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की इस सिलसिले में श्री कुमार ने कवर्धा जिला पंचायत कक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली बैठक में जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार मौजूद थे समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आवास योजना मनरेगा पेंशन आदर्श ग्राम और दीनदयाल कौशल विकास कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई बैठक में जिला कलेक्टर श्री शरण ने मतगणना के तहत मनरेगा में रोजगारमूलक कार्यों को और बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए

पार्टी से जारी बयान के अनुसार इस बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्ष चुनाव संचालक और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे बैठक के दौरान मतगणना के लिए नियुक्त एजेंटों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे धान खरीदी इन दिनों प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का विशेष अभियान चल रहा है सहकारी समितियों के उपार्जन केन्द्रों में आज सुबह तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक चौदह लाख मीटरिक टन से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है जिसकी कीमत साढ़े चौबीस सौ करोड़ रूपए से ज्यादा है राज्य सहकारी विपणन संघ के अनुसार प्रति क्विटल तीन सौ रूपए की बोनस राशि को मिलाकर अब तक दो हजार नौ सौ करोड़ रूपए से अधिक की धान खरीदी की गई है प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के उन्नीस सौ पंचानवे उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से यह खरीदी की जा रही है खरीदी का यह अभियान बीते एक नवम्बर से शुरू हुआ है जो अगले वर्ष इकतीस जनवरी तक चलेगा उपार्जन केन्द्रों में धान की आवक लगातार जारी है धान खरीदी के लिए इस बार पचहत्तर लाख मीटरिक टन का अनुमानित लक्ष्य तय किया गया है अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिलेवार संकलित आंकड़ों के अनुसार कॉमन और ए ग्रेड तथा सरना धान को मिलाकर अब तक राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक एक लाख पचपन हजार मीटरिक टन और मुंगेली जिले में सबसे कम अड़तीस हजार मीटरिक टन धान खरीदी की जा चुकी है चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए कॉमन धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ पचास रूपए और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ सत्तर रूपए निर्धारित किया गया है सेना भर्ती रैली भारतीय थल सेना द्वारा जबलपुर में आयोजित प्रादेशिक सेना भर्ती रैली में कल छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार सम्मिलित हो सकते हैं इसके तहत सैनिक सामान्य ड्यूटी लिपिक क्लर्क हाऊस कीपर सहित कुल एक सौ पन्द्रह पदों के लिए भर्ती की जाएगी यह रैली जम्मू और कश्मीर राइफल रेजीमेंट द्वारा आयोजित की जा रही है इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के आवेदकों को भर्ती स्थल पर कल सुबह छह बजे से पहले पहंचना होगा उम्मीदवारों को अपने साथ शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं के प्रमाण पत्र भी ले जाने होंगे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दो हजार सोलह को प्रभावी ढंग से लागू करने का आहवान किया है ताकि इन लोगों को शीघ्र ही उसके वांछित लाभ मिल सकें वे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे श्री नायडू ने कहा कि इस कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि दिव्यांग बच्चों को स्कूली शिक्षा आसानी से मिल सके आईईडी बरामद सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया आईईडी बरामद किया है इसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है यह मामला पोलमपल्ली थाना क्षेत्र का है थाने से केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों ने चार किलो का आईईडी बम लगा रखा था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक सौ पचासवीं बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे जवानों की सक्रियता से इस बम को बरामद किया गया और बम निरोधक दस्ते ने समय रहते इसे निष्क्रिय कर दिया इस दौरान मौके पर बटालियन के कमांडेंट धर्मेन्द्र सिंह और अधिकारी मनीष बमोला भी मौजूद थे बताया जा रहा है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों की गश्त पार्टी को निशाना बनाने के लिए यह बम लगाया था गौरतलब है कि माओवादियों द्वारा इन दिनों पीएलजीए सप्ताह मनाया जा रहा है जिसका आज तीसरा दिन है सुरक्षा के मद्देनजर बस्तर संभाग में विशेष सतर्कता बरती जा रही है संक्षिप्त समाचार भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन्नीस सौ बयासी बैच के अधिकारीएएन झा को केंद्रीय वित्त सचिव बनाया गया है श्री झा ने हंसमुख अढिया का स्थान लिया है जो पिछले महीने सेवानिवृत्त हो गए द्र्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साह ने स्ट्रांग रूम में ईव्हीएम की सुरक्षा के दौरान करीब दो घंटे तक सीसीटीवी कैमरा बंद होने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा अगले वर्ष सात से चौदह जनवरी तक आयोजित की जाएगी इस परीक्षा के लिए रायपुर स्थित शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है